छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मीसाबंदी की विघवा को पेंशन की आधी राशि देने का आदेश दिया है

इस दौरान श्री सुप्रियो भिलाई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्रीय राज्यमंत्री सुबह सात बजकर दस मिनट पर रायपुर विमानतल पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे सड़क मार्ग से भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे भिलाई में वे नागरिकता संशोधन कान्न पर आयोजित जन जागरूकता रैली और इसी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके अलावा श्री सुप्रियो से बंगाली समुदाय के प्रतिनिधिमंडल और विशिष्ट लोग मुलाकात करेंगे युवा महोत्सव राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान फूड फेस्टिवल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने स्थानीय पारंपरिक व्यंजन बनाएं इसके अलावा बस्तर की चापड़ा चटनी आकर्षण का केन्द्र रही इस प्रतियोगिता में पंद्रह से चालीस आयू वर्ग में नारायणपुर जिला प्रथम सूरजपुर द्वितीय और जांजगीर चांपा जिला तीसरे स्थान पर रहा वहीं चालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कबीरधाम जिले की प्रतिभागियों ने पहला स्थान हासिल किया धमतरी जिले ने द्वितीय और नारायणपुर जिले के प्रतिभागियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया इसके अलावा महोत्सव में लोक नृत्य सरहल नृत्य सुआ नृत्य डंडा नाच पंथी और बस्तरिया नृत्य की प्रतियोगिता हुई साथ ही कत्थक ओडिशी कविपुड़ी और मणिपुरी नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तत्कालिक भाषण के अलावा वाद विवाद और विवज की प्रतियोगिताए भी हुई वहीं खेलों में महिलाओं की खो खो और कबडडी तथा गेडी दौड की प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहीं कल समारोह का समापन होगा इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे कल सुबह नौ बजे से रॉक बैंड और ओपन मंच में फूगड़ी तथा भौरा प्रतियोगिताओं के अलावा क्विज का फाइनल राउंड आयोजित किया जाएगा हाई कोर्ट मीसाबंदी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज मीसाबंदी की विधवा को पेंशन की आधी राशि देने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति पी सेम कोशी के सिंगल बेंच ने बिलासपूर निवासी मीसाबंदी की विधवा की याचिका पर यह फैसला सुनाया उन्होंने कहा कि राज्य में पेंशनकर्मियों की पत्नी को पति की मृत्यू के बाद आधी पेंशन राशि दिए जाने का प्रावधान है ऐसे में मीसाबंदी की विधवा को भी पेंशन की आधी राशि दी जाए गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने बिलासपुर के अट्ठाईस और दुर्ग के बत्तीस मीसाबंदियों को तत्काल पेंशन देने के निर्देश दिए थे संसद भरण पोषण विघेयक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकसभा में पेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को जांच और प्रतिवेदन के लिए सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थायी सभिति के पास भेज दिया है सभिति ने इस संबंध में आम जनता के साथ ही गैर सरकारी संगठनों विशेषज्ञों हितधारकों और संस्थानों से सुझाव टिप्पणियां और उनके विचार आमंत्रित करने का निर्णय लिया है शिक्षाकर्मी संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए एक जनवरी दो हजार बीस को आठ वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले व्याख्याताओं और शिक्षकों का जिला पंचायत रायपुर द्वारा पदनामवार एकीकृत ग्रामीण और शहरी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित शिक्षकों और व्याख्याताओं से बीस जनवरी तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए हैं स्वदेशी मेला राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि स्वदेशी उत्पादों का परिचय कराने और उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन एक सराहनीय कार्य है राज्यपाल कल राजधानी रायप्र में भारतीय विपणन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी संश्री उइके ने कहा कि स्वदेशी का उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था को मजबत करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है ँ उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पाद का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है

खाद्य विभाग द्वारा दो महीनों के लिए चावल का आवंटन एकमुश्त जारी कर दिया गया है अब अगले महीने चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा कार्डघारी उपभोक्ताओं को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नहीं हैं वे अपनी सुविधा के अनुसार एक अथवा दो माह का चावल एक साथ ले सकते हैं इस संबंध में खाद्य विमाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों के संचालकों से कहा है कि वे इसकी जानकारी लोगों को मुनादी कराकर या सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दें सड़क सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन आज महासमुंद जिले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान युवाओं को हेलमेट लगाने और नशे की हालत में दोपहिया वाहन नहीं चलाने की समझाईश दी गई साथ ही चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने के साथ यातायात नियमों की जानकारी दी गई पुलिस द्वारा चालकों को गुलाब का फूल और टॉफी देकर प्रोत्साहित किया गया जांच के दौरान चवालीस दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट लगाए पकड़े जाने पर समझाईश देने के साथ अगली बार सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर छोडा गया जिले के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने निर्देश जारी किया है कि जिला मुख्यालय के पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पम्प में हेलमेट नहीं लगाने पर दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने के निर्देश दिए हैं वहीं कोरिया जशपुर और बालोद सहित अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इस मौके पर सड़क हादसों में कमी लाने और आम नागरिकों में यातायात नियर्मों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में भिलाई की आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है कल बेंगलुरू में खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने सोलहवीं वरीयता प्राप्त गायत्री गोपीचंद पुलेला को इक्कीस सत्रह बारह इक्कीस और इक्कीस नौ से पराजित किया इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आकर्षि ने हरियाणा की बारहवीं वरीयता प्राप्त ईरा शर्मा को रोमांचक मुकाबले में बारह इक्कीस इक्कीस सात और इक्कीस ग्यारह से हराया था उधर भारतीय खेल प्राधिकरण सांई ने एनएमडीसी कप बयालीसवीं जनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है हरियाणा की टीम उप विजेता रही यह प्रतियोगिता भिलाई स्थित हैंडबॉल कॉम्प्लेक्स सेक्टर चार में आठ से बारह जनवरी तक आयोजित की गई मकर संक्रांति मकर संक्रान्ति का पर्व कल मनाया जाएगा यह त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने और नई फसलो की कटाई की खुशी में मनाया जाता है यह पर्व देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति पोंगल और लोहड़ी पर्व की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बघाई और शुभकामनाए दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सूर्य को अन्न धन का दाता और समस्त ऊर्जा का आधार माना गया है मकर संक्रांति का यह त्यौहार ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आता है मौसम प्रदेश के अधिकांश इलाके शीतलहर की चपेट में है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में न्यनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम है जिसके कारण लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है उत्तरी छत्तीसगढ और वन क्षेत्रों में रात का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है राजधानी रायपुर में भी तापमान दस डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले कुछ दिन तक मौसम शुष्क रहेगा उधर छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले भैनपाट और सामरीपाट का न्यूनतम तापमान एक दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है वहीं बलरामपुर जिले का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले पण्डो जनजाति और आदिवासी ग्रामीण अलाव के सहारे रात गुजार रहे हैं शीतलहर से पक्षियों की मौत होने की भी खबर है संक्षिप्त समाचार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी सत्रह जनवरी को राजधानी रायपुर में नव निर्वाचित नगरीय निकाय को जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है इस सम्मेलन में नव निर्वाचित महापौर समापति नगर पालिक और नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा पार्षद शामिल होंगे बिलासपुर पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों से हजार खाताधारकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है इस मामले में गिरोह के मुखिया सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है बिलासपुर पुलिस ने बर्खास्त आईबी इंस्पेक्टर के पास से साढ़े छह लाख रूपये के पुराने नोट बरामद किए हैं यह नोट पांच सौ और एक हजार रूपये का है